श्री मोदी ने एक ट्वीट संदेश में कहा कि दो हजार बाईस में भारत जी ट्वेन्टी शिखर सम्मेलन में विश्व का स्वागत करने को उत्सुक है प्रधानमंत्री ने दुनिया भर के नेताआँ को भारत आने का न्यौता दिया

दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा अगले वर्ष गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जब भारत महात्मा गांधी की एक सौ पचासवीं जयंती मना रहा होगा ऐसे में गणतंत्र दिवस समारोह में श्री रामाफोसा का मुख्य अतिथि के रूप में स्वागत करने पर उन्हें गर्व होगा प्रधानमंत्री ने कहा है कि जी ट्वन्टी देशों को विश्व व्यापार संगठन में सुधारों के लिए काम करना चाहिए उन्होंने कहा कि हैम्बर्ग घोषणा के ग्यारह सूत्री एजेंडे को भी कार्यान्यित किया जाना चाहिए जिसमें आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है प्रधानमंत्री ने भगोड़े आर्थिक अपराधियों को वापस लाकर कानूनी कार्रवाई करने और उनकी अवैघ संपत्ति जब्त करने के लिए नौ सूत्री कार्ययोजना भी प्रस्तुत की अमरीका को छोड़कर जलवायु परिवर्तन संबंधी पेरिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले जी ट्वेन्टी के अन्य सभी देशों ने इस समझौते पर पूरी तरह अमल करने का संकल्प व्यक्त किया है शिखर सम्मेलन के बाद जारी घोषणापत्र में जी ट्वेन्टी के नेताओं ने कहा कि इस समझौते से पीछे नहीं हटा जा सकता उधर अमरीका ने फिर कहा है कि वह इस समझौते में शामिल नहीं होगा लेकिन आर्थिक विकास ऊर्जा उपलब्धता और सुरक्षा के प्रति उसकी वचनबद्वता बनी रहेगी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज अंतर्राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी और व्यापार मेले दो हजार अट्ठारह का उद्घाटन किया इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा चार दिन के इस मेले का आयोजन भारतीय उद्योग परिसंघ सी आई आई ने किया है इस वर्ष मेले का विषय है कृषि में प्रौद्योगिकी किसानों की आय बढ़ाना ब्रिटेन मेले का साझीदार देश है कनाडा और चीन विशेष आमंत्रित देशों में हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि इस बार प्रयागराज में कुम्भ का आयोजन बेहद भव्य होगा और इस दौरान करीब एक महीने में लोगों को अपने अतीत से जुड़ने का मौका मिलेगा उन्होंने कहा प्रयागराज कुम्म से दुनियामर के लोगों को राष्ट्रीय एकता स्वच्छता और इन्सानियत का संदेश मिलेगा श्री योगी आज प्रयागराज में चार दिवसीय क्माभिषेकम महोत्सव के समापन समारोह में शामिल हए समारोह में मुख्यमंत्री ने कहा कि कुम्म भारत की सनातन परम्परा मानव कल्याण का सबसे बड़ा सांस्कृतिक और आध्यालिक आयोजन है उन्होंने कांची कामकोटि पीठ के कार्यो की तरीफ करते हुए कहा कि इस पीठ ने सनातन परम्परा को संरक्षित किया है इससे पूर्व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महन्त नरेन्द्र गिरि अध्यक्ष अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद जगदग्रू हंसदेवाचार्य के साथ बड़े हन्मान मन्दिर में दर्शन कर पूजा अर्चना की बाद में उन्होंने महन्त नरेन्द्रगिरी जी के साथ कुम्भ मेंले की तैयारियों का भी जायजा लिया रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने सशस्त्र बल सप्ताह दो हजार अट्ठारह में देश के लोगों से बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील की है यह सप्ताह आज से सात दिसम्बर तक मनाया जायेगा एक वीडियो संदेश में श्रीमती सीतारमण ने कहा कि भारत हर वर्ष सात दिसम्बर को सशस्त्र बल झंडा दिवस मनाता है और इस वर्ष सत्तरवां झंडा दिवस होगा सूचना और प्रसारण मंत्री कर्नल राज्यक्धन सिंह राठौर ने इस अक्सर पर लोगों से बढ़ चढ़कर दान देने और सशस्त्र बलों के शहीद जवानों के परिवारों का साथ देने का आग्रह किया है वरिष्ठ निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा ने आज मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पदभार ग्रहण कर लिया है उन्होंने ओपी रावत की जगह पर यह पद ग्रहण किया है सूचना और प्रसारण मंत्रालय में सचिव रह चुके सुनील अरोड़ा राजस्थान कैडर के उन्नीस सौ अस्सी बैच के आईएएस अधिकारी हैं

देश के तेईसवे मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में कार्यभार संमालने वाले सुनील अरोड़ा ने चुनावों को पूरी तरह से स्वतंत्र निष्पक्ष और नैतिक बनाने के लिए राजनीतिक दलों और लोगों से सहयोग करने का आग्रह किया